कहा ये गर्व की बात है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन तीन आसान उपायों का पालन करें

आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बह्त से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के बुजुर्गो में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सूना और लोगों ने अनुशासन का ऐसा अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया जिस पर भावी पीढियां निश्चित रूप से गर्व करेंगी लोगों ने थाली और ताली बजाकर और दीये जलाकर हमारे कोरोना योद्वाओं के प्रति सम्मान और आदर व्यक्त किया ये बात कोरोना योद्वाओं के मन को छू गई इन कोरोना योद्वाओं ने देश के सभी नागरिकों की स्रक्षा स्निश्चित करने के लिए अथक और निस्वार्थ सेवा की

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने महिला दिवस महत्वपूर्ण रहा है इस मौके पर कई महिला खिलाडियों ने पदक जीते और कई रिकार्ड अपने नाम किये उन्होंने दिल्ली में आयोजित निशानेबाजी विश्वकप में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की जिसमें भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर पैदा करने किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नये विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है उन्होंने कहा कि देश ने श्वेत क्रांति के दौरान इसे महसूस किया है अब मध्मक्खी पालन भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर उभर रहा है श्री मोदी ने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही शहद के उत्पादन में वृद्वि हुई है हर वर्ष लगभग सवा लाख टन शहद का उत्पादन किया जाता है और बड़ी मात्रा में शहद का अन्य देशों को निर्यात भी किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी प्रधानमन्त्री के बेहतर प्रबंधन से देश में स्थितियां नियंत्रित हुई हैं म्ख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के हालात में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने देश को हौसला दिया है और खराब हालात में सभी को एकज्ट किया उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के प्रति जो सम्मान का भाव पीएम मोदी ने मन की बात में रखा है उसके लिए पूरा देश कृतज है उन्होंने खेलों में महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियां गिनाकर प्रोत्साहित किया तो कचरे से कंचन बनाने वाले प्रयासों की भी जमकर सराहना की इससे पूरे समाज को प्रोत्साहन मिलेगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश में चल रहे अमृत महोत्सव का जिक्र किया तो तीज त्योहारों और लोक भाषाओं के संवर्द्वन की भी जरूरत पर बल दिया

उन्हें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को भी कहा गया डीजीपी ने कहा कि आने वाले शाही स्नान प्लिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के गंगा स्नानों को क्म्भ मेले के शाही स्नान के ट्रायल के तौर पर लिया गया था

होलिका दहन प्रदेशभर में होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह पर्व समाज के सभी वर्गो में बिना किसी भेदभाव के समानता और भाईचारे का संदेश देता है पौराणिक आख्यान के अन्सार भक्त प्रहलाद को उसके पिता असुर हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने अग्नि में जलाने की चाल चली थी लेकिन भगवान विष्ण् की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जल गई होली शुभकामनाएं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेशवासियों को होली की श्भकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कामना की कि होली कापर्व सभी के जीवन में स्ख समृद्धि और ख्शहाली के रंग लेकर आये हर्ष और उल्लास से भरपूर होली का पर्व आपसी मतभेदों और कट्ता को भ्लाकर एकदूसरे के प्रति प्रेमभाव और सहयोग को प्रोत्साहित करने का पर्व है

म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को होली की श्भकामनाएं देते हए कहा कि होली रंग और उल्लास के त्यौहार के साथ ही हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है

होली दिशा निर्देश इस बार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने होली मनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिये हैं

इस दौरान सभी लोग मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे

ऐसे लोग सार्वजनिक स्थल की बजाय अपने घरों के अंदर ही होली मनायें

होली त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना तेज संगीत बजाना और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित रहेगा इसके अलावा होली में पानी गीले रंग और गले मिलने से बचने की सलाह दी गई है

कक्षा एक से पांचवीं तक सभी छात्रों को ग्रेडिंग के साथ कक्षोन्नति दी जाएगी उधर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आगामी शिक्षा सत्र में दाखिले का कार्यक्रम जारी कर दिया है

भिक्षक हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी पर भिक्षा मांगने वाले कई भिक्षुक प्लिस की मदद से अब अपनी मेहनत से आजीविका कमा रहे हैं प्लिस ने ऐसे लोगों को आज सम्मानित किया कृंभ मेला प्लिस के आईजी संजय ग्रंज्याल ने बताया कि प्लिस ने कोरोना काल में भिक्षावृत्ति में फंसे ऐसे लोगों को चिन्हित किया जिनमें क्छ हनर था और काम करने की भी इच्छा रखते थे उन्होंने बताया कि प्लिस ने ऐसे लोगों का मेडिकल कराकर उन्हें चिकित्सा सुविधा दी और प्रशिक्षित किया ऐसे कई भिक्षुक अब रोजगार से ज्ड़ गए हैं इनमें से कई होटलों में कुक का काम कर रहे हैं तो कई प्लिस थानों में भी खाना बना रहे हैं जिसका उन्हें वेतन दिया जाता है कई भिक्षुक बार्बर और लॉन्ड्री का काम भी कर रहे हैं आईजी संजय ग्ंज्याल ने बताया कि प्लिस भिखारियों को समाज की म्ख्यधारा में लाने के लिए प्रेरित कर रही है